विदेश मंत्री मसूद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने के प्रस्ताव पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अभूतपूर्व समर्थन मिला है

ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश इटली और जापान ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया जो इस वर्ष सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं है वहीं भारत ने जेश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाए जाने के फ्रांस के फैसले का स्वागत किया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान स्थित अजहर और उसका संगठन संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल है और यही पुलवामा हमले के लिए भी जिम्मेदार था गौरतलब है कि फ्रांस ने अपनी मौद्रिक और वित्तीय संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी गुट जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की सभी संपत्तियां जब्त करने का फैसला किया है निर्वाचन आयोग बैठक निर्वाचन आयोग ने कल नई दिल्ली में चुनाव खुफिया जानकारी पर बहु विभागीय समिति की बैठक आयोजित की इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग का संवैधानिक दायित्व है उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में विशेष रूप से मतदाताओं को नकदी का लालच देने समेत धन बल के द्रूपयोग के मद्देनजर निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है श्री अरोड़ा ने कहा कि आयोग इस बुराई पर काबू पाने को वचनबद्द है आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नंजर रखने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं उन्होंने यह भी कहा कि व्यय निगरानी व्यवस्था मजबूत हुई है और पिछले चुनावों में प्रवर्तन दलों ने बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की है बैठक में निर्वाचन आयक्त अशोक लवासा और सुशील चन्द्रन भी उपस्थित थे चुनाव तैयारी आगामी लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर है कल खण्डवा हरदा व बैतूल जिलों के अधिकारियों की बैठक खंडवा जिले के ग्राम आंवल्या स्थित विश्रामगृह में सम्पन्न हुई बैठक में खण्डवा कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के मोबाइल नम्बर का आदान प्रदान करने के लिए तीनों जिलों के अधिकारियों के मोबाइल नम्बर का एक संयुक्त वॉटसअप ग्रप बना लिया जायें उन्होंने कहा कि जानकारी के आदान प्रदान से अपराधियों व शरारती तत्वों पर प्रभावी तरीके से कार्यवाही की जा सकेगी श्री गढ़पाले ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अवैध शराब अवैध वाहन अवैध रूप से नगदी लाये जाने पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जरूरी है वहीं होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आगामी लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर कल प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पेड न्यूज से संबंधित जानकारी दी गई वहीं गुना में जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से रात दस बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करने की सलाह दी है मुरैना में जिला कलेक्टर प्रियंका दास ने एमसीएमसी में लगे अधिकारी कर्मचारियों से अपने कार्य को गंभीरता से करने को कहा है दमोह में सागर संभाग आयुक्त मनोहर दुबे ने तहसील कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया रीवा में लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए संपत्ति विरूपण की कार्यवाही जारी है

सतना पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर को सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय बनाया गया है वहीं सहायक पुलिस महानिरीक्षक सायबर भोपाल में पदस्थ रियाज इकबाल को सतना का पुलिस अधीक्षक पदस्थ किया गया है श्री गौर के कार्यकाल में एक माह के अंदर चार बच्चों का अपहरण हुआ था

वह विधायक इंदल सिंह कंसाना के बेटे द्वारा टोल नाके पर फायरिंग की घटना से चर्चा में आये थे

श्री तिवारी ने बताया कि फरहत और उसके साथी जाकिर को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उनसे एक पिस्तौल बरामद की थी परीक्षा नकल मुरैना जिले में बोर्ड परीक्षा के दौरान जहां तेइस विद्यार्थियों को नकल करते पकडा गया वहीं दो फर्जी छात्राओं को भी पकडा गया है पकड़ी गयी छात्राएं दूसरे के स्थाना पर परीक्षा दे रही थीं

वहीं जौरा विकास खण्ड के छेरा स्कूल से दो फर्जी छात्राएं भी पेपर देते हुये पकड़ी गई हैं फर्जी छात्राओं के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई वहीं नकलची छात्रों के विरूद्व परीक्षा अधिनियम के अंर्तगत कार्रवाई की गयी है दमोह हत्या दमोह जिले के हटा में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया नेता की कल ईलाज के दौरान मौत हो गयी श्री चौरसिया और उनके बेटे पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया था

जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह देवेंद्र चौरसिया अपने बेटे के कांग्रेस कार्यालय जा रहे थे तभी अज्ञात बदमाशों ने पिता पुत्र पर हमला कर दिया चौरसिया और उनके बेटे को हटा के नजदीकी अस्पताल लाया गया वहां से डॉक्टरों ने उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया यहां इलाज के दौरान कांग्रेस नेता की मौत हो गई वहीं बेटे की हालत अभी गंभीर बनी हुई है शुरुआती जांच में हमले का कारण राजनीतिक रंजिश बताया जा रहा है कलेक्टर अपील शिवपुरी कलेक्टर अनुग्रह पी ने सूखी होली खेलने की अपील आम जनता से सद्भावना समिति की बैठक के माध्यम से की है पानी बचाने तथा पानी का अपव्यय रोकने के उद्देश्य से उनके द्वारा यह अपील की गयी है कलेक्टर ने कल सद्भावना समिति की बैठक में कहा कि शिवपुरी जल अभावग्रस्त रहा है सिंधु नदी जल योजना से शहर में नदी का पानी पहुंचने लगा है लेकिन अभी यह सभी जगह नहीं पहुंच पाया है अभी कार्य चल रहा है इसलिए पिछले कई वर्षों से शिवपुरी में सूखी होली खेलने के प्रति लोगों का रुझान बड़ा है

बिजली बिल मुरैना नगर पालिक निगम द्वारा बिजली बिल की बकाया राशि जमा नहीं करने पर बिजली कंपनी ने उसके स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काट दिए हैं